म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कालका में भाजपा प्रत्याशी के लिये वोट मांगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अम्बाला में एक जनसभा को सम्बोधित किया

प्रधानमंत्री ने भगवान परश्राम को निर्भीकता और ईमारदारी का प्रतीक बताया

विपक्ष दवारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि हो रहे लोक लोकसभा च्नावों में पचास प्रतिशत वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीनों से मिलान किया जाये इस याचिका को रद्द करते हये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह पहले दिये गये अपने निर्णय में बदलाव करने के लिये तैयार नहीं है न्यायालय ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान एक पोलिंग ब्थ के बजाये पांच पोलिंग बूथ पर किया जाये

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला जिले के कालका में लोकसभा उम्मीदवार रतन लाल कटारिया के पक्ष में प्रचार किया और श्री रतन लाल कटारिया को वोट देने की अपील की अपने सम्बोधन मे उन्होंने कांग्रेस जन नायक जनता पार्टी इंडियन नैशनल लोकदल को वंश्वादी पार्टी बताया उन्होंने इस विजय संकल्प रैली में कहा कि अन्य पार्टियां अपनी पीढ़ी को आगे लाने में लगी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों का मकसद जन सेवा है राष्ट्रीय स्रक्षा का मूद्दा उठाते हये उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्र की स्रक्षा को प्राथमिकता दी है और देश तोड़ने की साजिश करने वालो को नकारा है जबकि उनके कई विरोधी ऐसे लोगों की मदद कर रहे है म्ख्यमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताते हये कहा कि उन्होंने जनता के लिये काम किए है और आने वाले समय और काम किये जायेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज आरोप लगाया कि देश में नोटबंदी के कारण करीब पांच लाख लोगों की नौकरियां चली गई वो आज अम्बाला में एक च्नावी रैली को सम्बोधित कर रही थी

उन्होंने वायदा किया कि यदि उनकी पार्टी की सरकार आती है तो वो एक वर्ष के अंदर ये रिक्त पद भर जायेंगे उन्होंने सरकार पर मनरेगा को कमज़ोर करने का आरोप लगाया राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष की पर आलोचना करते ह्ये उन्होंने कहा कि वे राजीव गांधी के बारे मे ठीक से नहीं जानते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर जाते है तो उनके प्रम्खों को गले लगाते है पर आम जनता को ऐसे नहीं मिलते उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिये कोई समय नहीं है उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिये सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि सरकार ने किसी भी किसान की मदद नहीं की और ये दावा किया वे कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसानों के कर्जे माफ किए गये है उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार बनने पर कर्ज न चुका पाने वाले किसानों को जेल नहीं भेजा जायेगा प्रियंका ने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थानों को हानि पहंचाने का आरोप भी लगाया और लोगो को कांग्रेस के पक्ष मे मत देने की अपील की ताकि इन संस्थाओं को बचाया जा सके

आज फरीदाबाद मे भरतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पाल ग्र्जर के पक्ष मे एक जनसभा को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लवामा के बाद जहां कूटनीति की जीत का परिचय दिया वहीं देश की सेना ने एयर स्ट्राईक करके अपने शोर्य का परिचय दिया उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया मे अलग थलग पड़ गय

उन्होंने लोगों को कृष्ण पाल ग्र्जर के पक्ष में वोट देने की अपील की रमज़ान का महीना आज से पूरे देश में श्रू हो गया उपासकों ने कल रात मस्जिदों में जाकर विशेष प्रार्थनाये की जो प्रा महीना जारी रहेगी रमज़ान इस्लामी कलैंडर का नौवा महीना है इस महीने की समाप्ति पर ईद अल फीतर मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाये दी एक संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि ये श्भ महीना समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परशुराम जयंती के अवसर पर देशवासियों को श्भकामनाये दी अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान परश्राम बहाद्री और ईमानदारी के प्रतीक है उन्होंने ये आशा जताई कि उनके आदर्शो की ताकत समाज को और न्यायपूर्ण व सामंजस्य पूर्ण बनायेगी उधर हरियाणा में कई स्थानों से परश्राम जयंती ध्मधाम ने मनाये जाने के समाचार प्राप्त हये है अम्बाला जिले में कई स्थानों पर ब्राह्मण संगठनों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया और भंडारे लगाये

यमूनानगर जिले में भगवान परश्राम जयंती पर जगह जगह हवल यज्ञ व भंडारों का आयोजन किया गया लोगों ने झ्ग्गियों और बस्तियों में जाकर गरीबों को अनाज व वस्त्र दान किये हरियाणा मे आज अक्ष्य तृतीया मनाये जाने के समाचार मिले है अम्बाला और यम्नानगर में आज लोगों ने गहनों वाहनों आदि की जमकर खरीददारी की यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज स्बह से ही प्रचीन श्री आदी बद्री स्थित केदारनाथ मंदिर प्राचीन मां भद्रा मंदिर रादौर प्राचीन सूर्यक्ंड मंदिर अमादलप्र आदि में श्रद्वाल् पहुंच कर पूजा की वहीं आज सैंकड़ों श्रद्वालुओं ने यमुना में स्नार कर पूजा अर्चना कर दान किया

यह दिवस दमा रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में दमे से पीडित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है दमा फेफड़ो की एक प्रानी बीमारी है आम तौर पर दमा खांसी सीने में जकड़न और सांस फूलना जैसे लक्षणों का माध्यम से प्रक्ट होता है

दमा प्रमुख गौर संचारी रोगों मे से एक है यह बच्चों को होने वाली सबसे पुरानी बीमारी भी है नियमित व्यायाम दमा के लक्षणों का कम करने मे मदद कर सकता है